एम्स की ओर से आज जारी ताजा बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री वाजपेयी के स्वास्थ्य को लेकर लगातार नजर रखे हुए हैं श्री मोदी कल देर शाम श्री वाजपेयी का हालचाल जानने एम्स गये थे और उनका उपचार कर रहे डाक्टरों से बातचीत की थी श्री वाजपेयी का हालचाल जानने के लिए राजनेता लगातार एम्स पहंच रहे हैं आज सुबह उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने अस्पताल पहुंचकर डाक्टरो से श्री वाजपेयी के स्वास्थ्य की जानकारी ली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अभित शाह पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकुष्ण आडवाणी और पूर्व के द्रीय मंत्री मूरली मनोहर जोशी उनका हाल जानने के लिए आज एम्स पहुंचे इसके बाद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एम्स जाकर श्री वाजपेयी की स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली कई अन्य नेता भी पर्वर्व प्रधानमंत्री का हालचाल जानने अस्पताल पहंच रहे हैं एम्स ने कल रात मेडिकल बूलेटिन में कहा था पूर्व प्रधामंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पिछले नौ सप्ताह से एम्स में मर्ती हैं उनकी हालत अति गंभीर है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है

श्री मोदी ने कहा कि पचास करोड भारतीयों पर इस कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव पडेगा

प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सशस्त्र बलों में अल्पकालिक सेवा की कमीशन प्राप्त महिला अधिकारियों को उनके समकक्ष प्ररूष अधिकारियों की तरह स्थायी कमीशन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा

कल बंगलरू में पत्रकारों से बातचीत में इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने ये जानकारी दी इसरो की योजना मानव को सात दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजने की है

दोनो मानव रहित अंतरिक्ष यान मिशन दो साल के अंदर पूरे कर लिए जाएंगे

श्री वाडेकर का लंबी बीमारी के बाद कल रात मूंबई में निधन हो गया था

अजीत वाडेकर एक आक्रामक बल्लेबाज थे

तीन दिन के इस कार्यक्रम में केन्द्र सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जा रही है और विशेष कार्यकम आयोजित हो रहे है